कोविड नाइन्टीन के खतरे से निपटने के लिए सरकार सामुदायिक प्रयासों पर दे रही है विशेष जोर लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं इकत्तीस मार्च तक के लिए स्थगित कीं येस बैंक की सभी बैंकिंग सेवाएं कल शाम से फिर शुरू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपनी सरकार की तीन साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया उन्नीस मार्च दो हजार सत्रह को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी लखनऊ में लोकभवन में पत्रकारों से बात करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवधि में उनकी सरकार ने राज्य का चहुमुखी विकास किया है उन्होंने बताया कि राज्य को सफलता की ओर अग्रसर करने में फ्र्यानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाई मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति और विकास की सुविधाओं के कारण राज्य की छवि बेहतर हुई है प्रदेश के अन्दर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण देखने को मिला है यह क्तमान में भी प्रदेश के अन्दर तमाम सम विषय परिस्थातियों के बावजूद भी प्रदेश की क़ानून व्यवस्था और प्रदेश की सुरक्षा के बेहतर वातावरण को बनाने में जो सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है तीन वर्ष का परिणाम है मैं इस अंकसर पर आप सबका हृदय से अमिनंदन करता हूं आदरणीय प्रचानमंत्री जी के प्रति आमार व्यक्त करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन से हमें तीन वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल में समय समय पर उनका मार्गदर्शन उनकी प्रेरणा सदैव हम सबको प्राप्त होती रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार किया तथा स्वास्थ्य कृषि रोजगार बिजली महिला सशक्तिकरण और शिक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया है दो हजार सोलह तक राज्य में बारह मेडिकल कॉलेज थे अब राज्य में तीस नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं श्री योगी ने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारजनों की भलाई के लिए बहत से कार्यक्रम श्रू किये गये हैं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके प्रसार को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी सरकार द्वारा सार्थक कदम उठाये गये हैं उन्होंने बताया कि सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों और जिला अस्पतालों में कोरोना मरीजों और संदिग्धों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है प्रदेश के अन्दर कोरोना वायरस के खिलाफ जिस प्रकार की एक नई मुहिम पूरे देश के अन्दर आदरणीय प्रषानमंत्री के नेतृत्व में आरम्म हुई है अवेयरनेंस के कार्यक्रम बचाव और इसके उपचार के जो कार्यक्रम प्रारम्म हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार का अनुश्रवण करते हुए युद्वस्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है हर एक स्तर पर व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं ख़ास्तोर कोरोना से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति का मुफ़्त में उपचार के साथ साथ जिन लोगों के रोजी रोज़गार से प्रतिदिन कार्य करने का है जो भी दिहाझी मजदूर है या फिर जो लोग डे दू डे अपना कमाते हैं फिर खाते हैं उन पर जो असर पढ़ रहा है इसके लिए वित्तमंत्री जी की अध्यक्षता में हम हम लोगों ने एक कमेटी गठित की है जो इन लोगों के भरण भोषण की कोई व्यवस्था प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड नाइन्टीन के खतरे से निपटने के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने में जनता के साथ ही स्थानीय मुददो और संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर दिया है उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि ये आगे के उपायो पर विचार विमर्श करें प्रधानमंत्री ने कल शाम कोविड नाइन्टीन पर अंकुश लगाने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अव्यक्षता की इसमें जांच सुविधाओं को और बढ़ाने के साथ ही भारत की तैयारियों को और मजबूत करने के उपायो पर चर्चा की गयी प्रधानमंत्री श्री मोदी कोविड नाइन्टीन से जुड़े मुद्दो और इससे निपटने के प्रयासों के बारे में आज रात आठ बजे राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी स्वायत्त संगठनों को कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी परीक्षाएं इकत्तीस मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया है इनमें विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी शामिल हैं मंत्रालय ने मूल्यांकन के सभी कार्य भी इकत्तीस मार्च के बाद तय करने के निर्देश दिये हैं इस बीच केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है इन परीक्षाओं का कार्यक्रम इकत्तीस मार्च के बाद घोषित किया जायेगा देश में अब तक नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित एक सौ इक्यावन मामलों की पृष्टि की खबर है कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश भर में कई उपाय किए जा रहे हैं राज्य के सभी पर्यटन स्थलों को इकत्तीस मार्च तक बंद कर दिया गया है क्शीनगर में पुरातात्विक महत्व के तीन प्रमुख मंदिर भी बंद कर दिए गए हैं पुरातत्व विभाग के संरक्षण सहायक अधिकारी अविनाश चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर माथा क्वर मंदिर और रामामार स्तूप को इकत्तीस मार्च तक के लिए बन्द कर दिया गया है वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर प्रतिदिन शाम को होने वाली गंगा आरती में श्रद्वालुओं के शामिल होने पर इकत्तीस मार्च तक रोक लगा दी गई है गंगा आरती की आयोजक संस्था गंगा सेवा निधि के अव्यक्ष स्शांत मिश्र ने बताया कि जिला प्रशासन ने एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक के मद्देनजर यह फैसला लिया है हालांकि आरती की परंपरा का निर्वहन पहले की तरह नियमित तौर पर किया जाएगा उन्होंने बताया कि गंगा घाटों पर घूमने और पर्यटन करने वालों पर भी रोक लगायी गयी है काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्मगृह में प्रवेश और दर्शन पूजन पर भी रोक लगा दी गयी है मिर्जापूर स्थित विन्ध्याचल धाम के गर्भ गृह में श्रद्वालओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है जिलाधिकारी सुशील पटेल ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के बाद ही इस संबंध में आगे कोई निर्णय लिया जाएगा उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दिनों में आने वाले दर्शनार्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जायेगा जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने लोगों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने को कहा है उन्होंने लोगों से दुसरे देशों से आने वाले लोगों की जानकारी जिले में स्थापित कंट्रोल रूम के मोबाइल नम्बर सात तीन एक एक एक नौ पांच एक दो शुन्य और नौ पांच छः नौ चार तीन चार तीन आठ आठ पर देने को भी कहा है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है बल्कि सतर्कता और बचाव जरूरी है कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए झाँसी रेल मंडल ने कई उपाय किए हैं स्टेशन पर भीड़ न हो इसके लिए बार बार उद्घोषणा की जा रही है लोगों से बेवजह स्टेशन पर आने से बचने को कहा जा रहा है प्लेटफार्म टिकट महंगा कर दिया है और लोगों से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा जा रहा है

राज्य की इकहत्तर जेलों में विशेष कार्य बल का गठन किया गया है और मुख्यालय से प्रतिदिन की रिपोर्ट की निगरानी की जा रही है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट जेल महानिदेशक आनंद कुमार ने बताया कि इस महामारी को रोकने के लिए जिलों में आइसोलेशन सेंटर और प्रथक शैलों की व्यवस्था की गई है

नए कैदियों और मुलाकातों की धर्मत स्क्रीनिंग कराई जा रही है बाजार में मास्क की बढ़ती हुई मांग के चलते कालाबाजारी को रोकने के लिए जेलों में ही उ लेयर वाली उच्च गुणक्ता के मास्क का बंदियों द्वारा निर्माण किया जा रहा है जिन्हें बंदियों और मुलाकातियों को निशुल्क वितरित किया जा रहा है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ येस बैंक में कामकाज शुरू हो गया है और ग्राहकों के लिए उसकी सेवाएं सुचारू रूप से काम करने लगी हैं बैंक ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि आज से इकत्तीस मार्च तक बैंक की सभी शाखाएं एक घंटा पहले सुबह साढे आठ बजे से खुल जायेंगी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सत्ताईस मार्च तक बैंकिंग सेवाएं शाम साढे चार बजे से साढे पांच बजे तक उपलब्ध रहेंगी प्रदेश के कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत ने औरैया में ओलावृष्टि से प्रभावित एक सौ तैंतीस गांवों के तीन हजार एक सौ इक्यासी किसानों को पचहत्तर लाख रुपए से ज्यादा की सहायता राशि के प्रमाण पत्र वितरित किये कलेक्ट्रेट सभागार में कल आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि तत्काल प्रभाव से पहुंचायी जा रही है